कारोबार को सुगम बनाने के प्रयासों के तहत वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में पेश किया कम्पनी संशोधन विधेयक

उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि कर्ज माफ करने के फैसले से किसानों ने राहत की सांस ली भाजपा ने कहा कर्ज माफी के सभी तथ्यों को स्पष्ट करे सरकार

प्रदेश में सर्दी का सितम सीकर और माउंट में पारा जमाव बिंद के नीचे उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए ज्यादा कड़े प्रावधानों वाला उपभोक्ता संरक्षण विधेयक आज लोकसभा में हंगामे के बीच ध्वनिमत से पारित हो गया

विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने बताया कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू कराने के लिए तीन स्तरीय नियामक की व्यवस्था की गई है सबसे ऊपर राष्ट्रीय आयोग उसके नीचे राज्य आयोग और सबसे नीचे स्तर पर जिला आयोग होंगे

श्री पासवान ने बताया कि मिलावट करने वालों पर नकेल कसने के लिए विधेयक में अलग से प्रावधान है

राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने गत दो नवम्बर को संबंधित अध्यादेश पर हस्ताक्षर किये थे इस विधेयक के तहत विशेष न्यायालयों का बोझ कम करने के प्रयास किये गये हैं विधेयक के माध्यम से सजा के प्रावधान में कुछ बदलाव करके आर्थिक दंड के प्रावधान किये गये हैं

वहीं लोकसभा में आज दोपहर दो बजे सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने रफाल सहित कई अन्य मुद्दों पर विपक्ष और सरकार के बीच चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ बैठक की उन्होंने सदन में तख्तियां दिखाये जाने पर गहरी चिन्ता व्यक्त की श्रीमती महाजन ने कहा कि सदन में लगातार शोर शराबे से सदन की छवि खराब हो रही है अध्यक्ष ने कहा कि किसी भी समस्या का समाधान विरोध से नहीं हो सकता इस बीच उदयपुर प्रवास पर आये कांग्रेस सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि रफाल का सच देश के सामने आना चाहिए

श्री पायलट ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हए बताया कि सरकार ने कांग्रेस संकल्प पत्र में किसानों से किया वादा पूरा किया है

दसरी ओर पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेन्द्र राठौड ने कहा कि सरकार को कर्ज माफी से जुडे सभी तथ्यों को स्पष्ट करना चाहिए

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने स्टार्टअप का बढ़ावा दने वाले राज्यों की सूची आज जारी की

इस अवसर पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिव रमेश अभिषेक ने कहा कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये स्टार्टअप आवश्यक है स्टार्टअप के जरिये विभिन्न सामाजिक कृषि और सेवा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है

उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिर्य

प्रमुख शासन सचिव एमएसएमई आलोक ने अधिकारियों से माइण्डसेट चेंज करने पर जोर देते हए कहा कि विभाग और औद्योगिक संघों के साथ पारस्परिक सहयोग और संवाद कायम होना चाहिए आयक्त उद्योग डॉ कृष्णा कांत पाठक ने कहा कि विभाग द्वारा नई सरकार की प्राथमिकताओं को देखते हुए कियान्वयन के बिंदु चिंहित किए जा रहे हैं

शहीद भगवान सिंह की पार्थिव देह आज देर रात या कल सुबह गोटन लाया जाएगा इसके बाद शहीद भगवानसिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा भगवान सिंह के शहीद होने के बाद से उनके पैतुक गांव गोटन में माहौल गमगीन है

कई स्थानों पर तेज ठण्ड और कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा है हालांकि कल के मुकाबले आज न्यूनतम तापमान में हल्की सी बढ़ोतरी हुई है लेकिन सर्दी के तेवर तीखे बने हुए है सीकर में पारा आज जमाव बिन्दु के पास पहुंच गया जिले के फतेहपुर में तापमान जमाव बिन्द् से करीब चार डिग्री सेल्सियस नीचे रहा माउंट आबू में भी पारा जमाव बिंदु से डेढ़ डिग्री नीचे रिकॉर्ड किया गया

हमारे जोधपुर संवाददाता ने बताया कि शहर में तापमान पांच दशमलव एक डिग्री तक लुढकने से जनजीवन प्रभावित है

हनुमानगढ़ में आज अंडरब्रिज के निर्माण के दौरान मिट्टी धंसने से तीन मजदूर दब गए